इस कार्यक्रम की घोषणा बजट में की गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने श्री मोदी को इस योजना को शुरू करने में अब तक की प्रगति की जानकारी दी इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान किया जाएगा योजना का लक्ष्य दस करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है लाभार्थियों को देश भर में कैशलैस फायदे भी प्राप्त हो सकेंगे विधानसभा सत्र विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के आज दूसरे दिन शासकीय व विधायी कार्य निपटाया जाएगा कार्य सूची के अनुसार अनुप्रक बजट पर सामान्य चर्चा और मांगों पर चर्चा के अलावा विनियोग विधेयक पुरस्थापित किया जाएगा इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित किए जाएगा सदन में प्रश्नकाल भी होगा इस बीच आज की बैठक की समाप्ति के बाद सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है समझा जाता है कि इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि बालीचौकी स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने से लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी परिवहन मंत्री वन व परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा है कि लोगों को सुविधाजनक आरामदेह और सुरक्षित आवागमन सुविधा देने के लिए परिवहन से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बैठकें होंगी इसके पहले चरण में सभी ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी गोविन्द ठाकुर ने कहा कि दूसरे चरण में टैक्सी निजी बसों और स्टेज कैरियर ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ परिसंवाद होगा विधायक मंडी ज़िले के जोगिन्द्रनगर से निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और कांगड़ा ज़िले के देहरा से विधायक होशियार सिंह ने कल विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की

उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने किया वाकआउट

आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन चढ़ा हंगामे की भेंट

यही पत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हमने शुरूआत की तो कांग्रेस का चर्चा में बैठना हो जाएगा मुश्किल दैनिक जागरण की एक खबर है बद्दी में महिला पुलिस थाने में पुरूष की तैनाती पर उठे सवाल

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है नकलची छात्रों ने हिमाचल को बनाया यूपी बिहार सुजानपुर स्कूल में आधी रात उखाड़े परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है चंडीगढ़ बद्दी घनौली देहरादून रेललाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाओ फ्री दवाओं की सुची शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को दिए आदेश दैनिक भास्कर के शब्द हैं पंचायत घर के नोटिस बोर्ड पर लगाएं मुफ्त दवाओं की सूची हिमाचल में अब लगेंगे प्रीपेड बिजली के मीटर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मोबाइल की तरह होंगे रिचार्ज पैसा खत्म होने से पहले एसएमएस से आएगा अलर्ट अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पलायन क्यों में प्रदेश में छात्र छात्राओं द्वारा की जा रही आत्महत्या पर चिंता जताते हुए कई सुझाव दिए हैं दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शहरी दायरे की शक्तियां में लिखा है कि अब पूरे हिमाचल को ग्राम व नगर योजना कानून के तहत लाकर आगे बढ़ना होगा ताकि ग्रामीण परिवेश को भी संरक्षण मिले आपका फैसला ने अपने संपादकीय सराहनीय पहल में प्रदेश में बेसहारा गौवंश संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं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

नमस्कार